मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

विश्व में स्त्री पुरूष समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित किया जाता है इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्वः कोविड काल में विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला की शुरूआत भी की मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री ने नारी सुरक्षा और नारी गरिमा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को बधाई दी उन्होंने लोगों से आहवान किया कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में बढ़ते हुए नारी शक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ायें उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हर परिवार को आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है और मालिकाना हक घर की महिला सदस्य को दिया गया है

प्रदेश में सरकार बालिकाओं को कन्या सुमंगला याजना का लाभ दे रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य में डेढ़ लाख से अधिक विवाह सम्पन्न हुए हैं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज लखनऊ में महिला समृद्धि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि मातृ शक्ति के उत्थान के बिना किसी भी प्रकार के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री मोदी ने लोगों से महिलाओं की उद्यमिता को बढावा देने का आग्रह किया एक टवीट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की टोडा जनजाति के बुनकरों द्वारा हाथ से कढ़ाई की गई शॉल वास्तव में अद्भुत है उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की हस्तकला अनूठी है प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के समृद्ध इतिहास के साथ बहुत गहराई से ज़ुड़ी है मध़बनी चित्रकारी की एक खादी सूती स्टॉल खरीदने पर श्री मोदी ने कहा कि यह एक उच्च गुणवत्ता का उत्पाद है और कलाकारों के साथ पूरे देश के नागरिकों की सूजनात्मकता से जुडा है

कानपुर में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उन्वास महिलाओं को सम्मानित किया नारी सम्मान यूपी की पहचान के तहत विभिन्न विद्यालयों में पेंटिंग तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया

महिला दिवस पर खास बात यह रही कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से लेकर कुरु की कमांड तक महिलाओं के हाथों में रही बरेली से दिल्ली हफ्ते में चार फ्लाइट चलाई जाएगी आगामी दिनों में फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी इस अवसर पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि जल्द बरेली से मुंबई और बंगलोर के लिए भी हवाई यात्रा शुरू की जाएगी नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली मेरठ जनपद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अभियान में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया एक रिपोर्ट वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है पर आज इस खास मौके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरठ जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया मेरठ जिले में जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया और इस खास दिन पर एहसास दिलाया कि नारी तुम श्रद्धा हो संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ

क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा इस अवसर पर वाराणसी में गोष्ठी एवं संभाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं का पुरस्कार वितरित किये गये बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर जनपद में महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों के क्रम में आज राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने देवांशी तिवारी को कुछ घंटों के लिए सूचना आयुक्त बनाते हुए सांकेतिक रूप से वादों का निस्तारण करने का भी अवसर दिया अजय उप्रेती ने कहा कि इस पहल का मकसद युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास कराना था कि सूचना का कानून कितना महत्वपूर्ण है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

उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में तीन हजार से अधिक टीकाकरण बूथों पर लोगों को कोविड टीके की खुराक दी गई

सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज आकाशवाणी लखनऊ में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के सम्पादित अंशों का प्रसारण आज रात प्राइमरी चैनल पर साढ़े नौ बजे से किया जायेगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न कहा है कि देशभर के सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया गया

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कई राज्यों और देशों में कोरोना के नये मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में सावधानी की अधिक आवश्यकता है

घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि आवास ऋण की ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कइ प्रमुख बैंकों ने अपनी कर्ज की दरें घटा दी हैं भारतीय स्टेट बैंक एचडीएफसी आई सी आई सी आई और कोटक महेन्द्रा जैसे बैंकों ने अपनी ऋण दरों को दस साल के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है

आवास ऋण की प्रोसेसिंग फीस पर छूट भी दी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य लोगों ने गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है